भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर आज पटना आ रहे हैं

पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में पार्टी और सरकार के कामकाज के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होगी श्री शाह शाम में पार्टी की चुनाव तैयारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे तीन घंटे तक चलने वाली इस बैठक के दौरान अगले वर्ष के लोकसभा चुनाव से पहले संगठन की तैयारियों की भी समीक्षा होगी भाजपा अध्यक्ष का जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात का कार्यक्रम है इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बीच होने वाला संवाद दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में मिशन चालीस की सफलता के लिए नींव का पत्थ्र साबित होगा एक ट्विट जारी कर उन्होंने कहा कि इस बातचीत से जदयू को एनडीए से तोड़ने के लिए मनगढंत बयानबाजी कर रहे विपक्ष को भी झटका लगेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सवेरे साढ़े नौ बजे देश भर के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों और कौशल विकास योजना के लाभर्थियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करेंगे इसके तहत श्री मोदी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और क्षेत्रीय तकनीकी संस्थानों के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लाभार्थियों के साथ बातचीत करना एक अनोखा अनुभव होगा क्योंकि ये जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं संवाद कार्यक्रम के लिए बिहार के दो लाभार्थियों खगड़िया जिले के गंगौर प्रखंड की अमृता देवी और नालंदा जिले के रहुई प्रखंड की सुषमा देवी का चयन किया गया है गरीब परिवार से आने वाली दोनों महिलाएं प्रधानमंत्री के साथ अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगी कार्यक्रम डीडी न्यूज और नरेन्द्र मोदी एप पर उपलब्ध रहेगा राज्य सरकार ने मध्याह भोजन योजना के संविदा कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को चार लाख रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ये जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में वित्त विभाग के तहत एक जनवरी दो हजार छह के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनरों या परिवार पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई उन्होंने कहा कि वैशाली में बुद्ध सम्यक् दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप के निर्माण के लिए तीन सौ एक करोड़ रूपये से अधिक की व्यय को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई वहीं भागलपुर जिले में सुलतानगंज के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को राजकीय मेला का दर्जा देने को भी मंजूरी दी गयी प्रधान सचिव ने बताया कि महानन्दा नदी बाढ़ प्रबंधन पुनरीक्षित योजना के लिए आठ सौ बयासी करोड़ चौवालीस लाख रुपये से अधिक की प्रशासनिक और व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई केन्द्र सरकार की ओर से चलायी जा रही बिजली परियोजनाओं के उद्घाटन लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में अब स्थानीय सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य होगी केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऐसे कार्यक्रमों में स्थानीय सासंदों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को पत्र लिखा है सरकार की ओर से चालू परियोजनाओं का विवरण भी सार्वजनिक करने के लिए कहा गया है ताकि कार्यों में पारदर्शिता हो और आम लोगों को इसकी जानकारी मिल सके ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश के सात जिलों मधुबनी पूर्णिया खगड़िया मूजफ्फरपूर गया नवादा और बांका में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन की जांच करायेगा विभाग ने इन जिलों के दो सौ नब्बे पंचायतों में इन दोनों योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया है इसके तहत वित्तीय वर्ष दो हजार सत्रह अठारह और दो हजार अठारह उन्नीस की पूरी हो चुकी और अधूरी योजनाओं को शामिल किया जायेगा कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को डीजल अनुदान के लिये ऑनलाईन आवेदन देने के पच्चीस दिनों के अंदर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से भूगतान सूनिश्चित कर दिया जायेगा उन्होंने बताया कि वैसे किसान जिनका मोबाईल संख्या आधार से जुड़ा हुआ है वे ऑनलाईन पंजीकरण कर सकते हैं वसुधा केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है केन्द्र सरकार ने नेट न्यूट्रलिटी के नियमों को मंजूरी दे दी है लोगों तक बिना किसी भेदभाव के निर्बाध इंटरनेट की पहुंच बनाये रखने के लिए द्रसंचार आयोग ने ट्राई की सिफारिशों पर इन नियमों को मंजूरी दी है कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को छोड़कर नियमों का उल्लंघन या इंटरनेट की सुविधा देने के मामले में किसी भी तरह का भेदभाव करने पर सेवा प्रदाताओं को कड़े दंड का सामना करना पड़ेगा केन्द्र सरकार ने नक्सलियों को टेरर फंडिंग करने वाली उन निर्माण एजेंसियों पर शिकंजा कसा है जो लेवी के नाम पर उन्हें हर साल मोटी रकम उपलब्ध कराती है केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित मल्टी डिसीप्लिनरी टॉस्क फोर्स एमडीटीएफ ने नक्सलियों को लेवी के नाम पर मोटी रकम देने वाली आधा दर्जन कंपनियों को चिन्हित किया है इनमें से तीन एजेंसियों के संचालकों और वरिष्ठ अधिकारियों से ईडी प्रछताछ करेगी प्रदेश में मॉनसून अब सुस्त पड़ गया है राज्य के अधिकांश हिस्सों में पन्द्रह जुलाई तक बारिश की संभावना नहीं है हालांकि राजधानी पटना और आस पास के क्षेत्रों में आज आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सोलह जूलाई को उत्तर पूर्व बिहार में तेज हवा और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है प्रदेश के पांच यूवा रंगकर्मियों का चयन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के लिए हुआ है इनमें से तीन अंकित रंजन खुशबू कुमारी और चंदन कुमार बेगूसराय के हैं जबकि अन् प्रिया और सारिका भारती पटना की हैं मुजफ्फरपूर में खेली जा रही राज्य अंडर फिफ्टीन और अंडर इलेवन बालक बालिका शतरंज प्रतियोगिता में पटना के रूपेश कुमार और पीयूष मुजफ्फरपुर के अनुराग बनर्जी ने बालक वर्ग में जीत दर्ज की वहीं बालिका वर्ग में पूर्णिया की गरिमा गौरव मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा और पटना की भव्या वर्मा ने बाजी मारी पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में दो हजार अठारह उन्नीस सत्र के लिए बीसीए द्वारा फिटनेस और कंडिशनिंग कैम्प का आयोजन किया गया है कैम्प में पूर्व विजी ट्राफी खिलाड़ी अली रशीद और विष्णु शंकर ने खिलाड़ियों को टिप्स दिये रोहतास में खेली गयी अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता में राधा शांता कॉलेज ने महिला कॉलेज डालमियानगर को नौ सात से पराजित कर खिताब जीत लिया भागलपुर जिले के नवगछिया में एन एच इकतीस पर तेतरी जीरोमाइल चौक के पास बस और ट्रक की टक्कर में एक दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए घायलों में कटिहार पटना और सिलिगुड़ी के यात्री शामिल हैं बक्सर जिले के बगेन थाना के पकड़ाही गांव में भूमि विवाद में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गयी और दो लोग गंभीर रुप से जख्मी हो गए अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बिहार दौरे को सुर्खी बनाते हुए पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है हिन्दुस्तान ने लिखा है शाह और नीतीश की मुलाकात आज अखबार की एक अन्य सुर्खी है शराबबंदी कानून की सजा में ढील दैनिक जागरण का शीर्षक है शाह बनायेंगे मिशन दो हजार उन्नीस फतह का चक्रव्यूह दैनिक भास्कर ने अन्य खबरों के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है गांवों में बढ़ती सुविधाए देख शहरों से लौटने लगे हैं लोग प्रभात खबर की सुर्खी है पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर पचास हजार जुर्माना या तीन साल की सजा और अब अंत में मुख्य समाचार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पटना दौरा आज